फिट इंडिया फिट इंडिया अभियान के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया डायलॉग के दौरान नागरिकों और लोगों को चुस्त दुरूस्त रहने के लिए प्रेरित करने वालों से संवाद करेंगे इस ऑनलाइन बातचीत में भाग लेने वाले लोग फिटनेस संबंधी अपने अनुभवों को दूसरे प्रतिभागियों के साथ साझा करेंगे और फिटनेस के बारे में प्रधानमंत्री के विचारों से भी प्रेरणा से लेंगे

इससे आवासीय नजूल भूमि के स्थाई पट्टाधारियों को भूमिस्वामी हक मिल सकेगा साथ ही अस्थाई पट्टाधारियों को भूमि का स्थाई पट्टा मिलेगा वे भूमि का अंतरण करा सकेंगे तथा इस पर बैंक से ऋण भी ले सकेंगे वे भूमि के मालिक बन जाएंगे इसके लिए हर जिले में कलेक्टर संभाग में कमिश्नर और राजधानी भोपाल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएंगी और नजूल की भूमि का पूरा व्योरा ऑनलाइन किया जाएगा

इसके तहत सड़क और पानी की टंकियों का निर्माण जलप्रदाय लाइनों का विस्तारीकरण और उद्यानों का विकास किया जाएगा

प्रदेश में मंत्रिपरिषद के दो सदस्यों महेन्द्र सिंह सिसोदिया और हरदीप सिंह डंग के भी कोरोना से संक्रमित होने की पृष्टि हई है

कोविड समीक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अधिक कोविड मरीज वाले छह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे बैठक के दौरान इन सात राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा की जाएगी

लोग अपने विचार नमो एप या माइजीओवी ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं

आईपीएल का पांचवां मैच आज शाम अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है राजधानी भोपाल सहित रात से ही हल्की बूंदाबांदी जारी है इससे तापमान में गिरावट आई है

वहीं मौसम विभाग ने आज शहडोल संभाग के जिलों में और बालाघाट विदिशा रायसेन जबलपुर सागर होशंगाबाद झाबुआ में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है रीवा सतना राजगढ़ अलीराजपुर धार देवास शाजापुर और अशोकनगर में भी बारिश की संभावना है वहीं भोपाल ग्वालियर और चंबल संभागों में गरज और चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है